प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकबाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा

इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत के एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाने से उसे स्थिति से अच्छी तरह निपटने में मदद मिली उन्होंने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अन्पालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी

मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है

इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें मितकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो देश में दवा से ते करके राशन तक पर्यात मंडार है सप्लाई चैन की बाघाएं लगातार दूर की जा रही हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे वहां कुछ शर्तों के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ जारी है उन्होंने कहा कि लोगों ने मुश्किलें उठाकर देश को बचाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लोग एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देशवासियों की सामूहिक शक्ति आज डॉक्टर बीआरअम्बेडकर की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्वांजलि है प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के निर्णय से कोविड नाइन्टीन पर नियंत्रण पाने में बड़ी मदद मिली है उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए लोगों के अनुशासन और संयम की प्रशंसा की श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर की गई तैयारी से इस महामारी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सका है श्री मोदी ने लोगों से बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने गरीबों की मदद करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने सहित सात प्रकार से सहयोग करने को कहा

तीसरी बात अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करेँ गर्म पानी है काव्रा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें

छठी बात आप अपने व्यक्ताय अपने रद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखे किसी को नौकरी से न निकालें सातवीं बात देस के कोरोना योद्वायों हमारे डॉक्टर नर्सेस सफाई कर्मी पुलिसकर्मी ऐसे समी लोगों का हम सम्मान करें आदरपूर्वक उनका गौरव करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन की अवधि को तीन मई तक बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा को राज्य में मजबूती के साथ लागू करेगी उन्होंने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया प्रदेश भर में लोगों ने पूर्णबंदी को आगे बढ़ाने का स्वागत किया है लोगों ने कहा है कि वे लॉकडाउन का पालन करेंगे और अपने घरों में रहकर कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने में सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी एक सौ उन्तीसवीं जयंती पर याद कर रहा है डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में जाना जाता है डा आम्बेडकर को वर्ष उन्नीस सौ नब्बे में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश में कहीं कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ लोगों ने अपने घरों में रह कर सादगीपूर्वक बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वांजलि अर्पित की